खेल पेंशन केन्द्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्द्वन राठौड़ ने प्रतिभावान खिलाड़ियों की पेंशन में बढ़ोतरी को स्वीकृति दे दी है इसके तहत अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पेंशन दोगुनी कर दी गई है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में विद्यार्थियों को भविष्य में विभिन्न कॅरियर और अकादमिक विकल्पों के बारे में जानकारी देने के लिये बनायी गयी योजना हम छू लेंगे आसमाँ के दूसरे चरण के कांउसलिंग सत्र को संबोधित करते हुये यह घोषणा की इस मौके पर उन्होंने कहा कि हर जिले में स्थित उत्कृष्ट विद्यालय में कॅरियर कांउसलिंग केन्द्र शुरू किया जायेंगा कांउसलिंग सत्र समाप्त होने के बाद भी कोई भी विद्यार्थी इन केन्द्रो में जाकर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है श्री चौहान ने कहा कि यह जरूरी नहीं है कि हमारा फोकस कुछ निश्चित क्षेत्र पर ही हो कई ऐसे भी क्षेत्र है जहां कुशल लोगों की कमी है हमें अपनी रूचि के अनुसार उन क्षेत्रों की ओर बढ़ना चाहिये इस दौरान श्री चौहान ने विद्यार्थियों से सीधा संवाद करते हुये उनके सवालों के जबाव दिये

लोकार्पण राजस्व मंत्री उमाशंकर ने कहा कि किसानों की खेती को लाभकारी बनाने के लिये प्रदेश में उत्तम किस्म का खाद और बीज के भंडारण करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है भिंड जिले के विभिन्न गांवों में करोड़ों रूपये की लागत के विकास और निर्माण कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन समारोह में उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार के माध्यम से किसानों के हित में कई योजनायें संचालित की जा रही है प्रदेश में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण दिया जा रहा है एक लाख रूपये का ऋण लेने पर मात्र नब्बे हजार रूपये जमा करने की सुविधा दी गई है

मनरेगा मजदूरी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अर्तगत अक्शल श्रमिकों की मजदूरी दो रूपये प्रतिदिन की दर से वृद्धि की गई है

भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना में सभी जिलों को मजदूरी की नई दरों को लागू करने के निर्देश दिये गये हैं

आकाशवाणी भोपाल में समाचार संपादक के पद पर कार्य कर चुके श्री समीर वर्मा को झाबरमल्ल शर्मा पुरस्कार प्रदान किया जायेगा

इसके पूरा होने से पांच गांवों की एक हजार से अधिक हेक्टेयर भूमि में स्प्रिंकल पद्वति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी वहीं एक अन्य कार्यक्रम मेँ श्री चौहान ने कहा कि आगामी चार अगस्त को वृहद रोजगार और स्वरोजगार मेला आयोजित कर लोगों को लाभान्वित किया जायेगा

विभाग की बकाया वसूली में भी वृद्धि हुई है

विभाग की सभी कार्य प्रणालियों का कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया है विभाग द्वारा करदाताओं को ऑनलाईन पंजीयन ई पेमेंट और ई रिर्टन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है

जल सकंट शिवपुरी जिले में तेज गर्मी के बीच पेयजल संकट बढ़ गया है पिछले तीन दिनों से सिंध जलावर्धन योजना की पाईप लाईन से पानी सप्लाई का काम बंद है शहर के कई वार्डो में लोग पानी की किल्लत से परेशान है

किसान मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत दस जून को दतिया स्थित कृषि उपज मंडी में किसान मेला आयोजित किया जायेगा

राजधानी भोपाल में भी बौछारे पड़ने से मौसम सुहावना बना हुआ है कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से आज आमजन को गर्मी से निजात मिली है

प्रदेश में मानसून पूर्व की गतिविधियों में भी इजाफा हुआ है और अनेक स्थानों पर पिछले कुछ दिनों से तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है हमारे उमरिया संवाददाता ने बताया है कि जिले में अधिकांश स्थानों पर आज तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने से जनजीवन प्रभावित हुआ मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान सागर रीवा ग्वालियर भोपाल धार गुना पचमढ़ी इंदौर उज्जैन और बैतूल सहित कई जिलों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना जताई है

वहीं जिले के खालवा में कल रोजगार मेला आयोजित किया जायेगा

शिविर में सहकारिता राज्य मंत्री विश्वास सारंग शामिल हुये